इस संबंध में केबिनेट में निर्णय हो गया है

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होमगार्ड सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री चौहान ने इन जवानों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनायें देते हुये कहा कि वे अब मध्यप्रदेश की जनता की बेहतर सेवा का संकल्प लें पूरी क्षमता और ताकत से मध्यप्रदेश के नवनिर्माण में योगदान करें जो भी काम मिले उसे पूरी दक्षता और प्रामाणिकता से करें सीएम एक्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कभिश्नर आईजी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित कर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है इसके अलावा भावान्तर योजना के तहत किसानो का पंजीयन और उन्हें सही भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था को ठीक करने को कहा

अनुमान है कि बैठक में खुली चर्चाओं से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक निर्णय लेना आसान होगा

अनुमान है कि नई दिल्ली होने वाली बैठक में विश्व व्यापार संगठन में नई जान डालने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अधिक गहराई से विचार विमर्श होगा

इसमें कोई भी पात्र श्रमिक छूटे नहीं

इन सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना पट्टा वितरण उज्जवला योजना ई रिक्शा हाथ ठेला शिक्षा सहायता चिकित्सा सहायता प्रसूति सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा साथ ही उन्हें कल्याण के योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये ऐतिहासिक योजनायें बनाई गयी हैं इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजद्रों को ही मिलता है

जो आयकर दाता नहीं हो शासकीय सेवा में नहीं हो तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे पंजीयन निरूशुल्क होगा जो पाँच वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा

यह सामुदायिक भवन और पार्क बनने पर क्षेत्र के नागरिको को स्वास्थ्य लाभ में सहायक होगा

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के नागरिको के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए गए है राजस्व मंत्री राजस्व मंत्री रामपाल सिंह की कथित बहू की आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मामले की जांच होगी वहीं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि युवती ने अपने सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं मामले में पुलिस जांच कर रही है जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार आयोग ने रायसेन जिले में नर्स की लापरवाही के चलते गर्भस्थ शिश् की मौत पर संज्ञान लिया है इस मामले में परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगांते हुए हंगामा किया था इस पर संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने जिले के सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी है आयोग ने पूछा है कि क्या बरखेड़ा के शासकीय अस्पताल में किसी चिकित्सक की ड्यूटी नहीं थी आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या नर्सिंग स्टॉफ की उपेक्षा के चलते गर्मस्थ शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हुई थी

सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वहीं पवित्र नदियों के घांट पर लोगों ने स्नान और पूजा अर्चना की आज से भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है इस मौके पर भी भोपाल में कई जगह रैली निकाली गई उज्जैन में इस अवसर पर सुबह शिप्रा नदी के तटों पर वैदिक विधिविधान और मंत्रोच्चार के बीच नववर्ष का अभिनन्दन किया गया सैकड़ों लोगों ने उगते सूर्य को अर्ध्य देकर नए साल की शुरुआत की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र और हिन्दू नववर्ष की शुभाकामनाएं दी हैं सतना के मैहर में मां शारदा देवी मंदिर में आज श्रद्दालुओं के लिये पट खोल दिये गये हैं

जिले में अल सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों के जल अर्पण का सिलसिला जारी रहा डिंडौरी में भी भक्तगण सुबह से ही नर्मदा नदी पर स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों में आज जवारे भी बोर्न का सिलसिला शुरू हो गया है वहीं पन्ना के पद्मावती देवी मंदिर और पवई के कलेही मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं अशोकनगर में चंदेरी के जागेश्वरी माता मंदिर कदवाया के बीजासेन मंदिर तुमेन की विंध्यवासिनी मंदिर और करीला के जानकीमाता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है